स्लग महानवमी दुर्गा पूजा महोत्सव में आज देश के विभिन्न भागों में महानवमी मनायी जा रही है इस दिन सिद्विदात्री रूप में महिषासुरमर्दिनी भगवती दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है यह बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महानवमी के अवसर पर लोगों को बधाई दी है अपने ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कामना की कि मॉ सिद्धिदात्री का आशीर्वाद समाज की बेहतरी के लिए बना रहेगा इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भी दुर्गा पूजा कार्यक्रम आयोजित किये गये नैनीताल जिले में बाल विकास विभाग की ओर से मल्लीताल स्थित आंगनबाड़ी केन्द्र में कन्या पूजन का आयोजन किया गया जिलाधिकारी सविन बंसल ने कन्याओं का पूजन किया और उन्हें उपहार भी दिए मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य कन्याओं के संरक्षण और शिक्षा पर जोर देना है बागेश्वर में नवरात्र के अंतिम दिन आज दुर्गा पूजा पंडालों और देवी मंदिरों में भक्तों की खासी भीड़ उमड़ी श्रद्वालुओं ने पूजा अर्चना कर सुख समुद्धि का आशीर्वाद मांगा वहीं कल महाअष्टमी की शाम को सरयू नदी की आरती के बाद दीपदान का आयोजन किया गया जिसमें नदी के दोनों ओर हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में दुर्गा महोत्सव पर सांस्कृतिक टोलियों ने भजन गाकर श्रद्दालुओं को भावविभोर किया कल महाष्टमी पर भी देर रात तक जारी भजन संध्या में श्रद्वालु दुर्गा महोत्सव में मौजूद रहे आज नवमी के दिन हवन आदि अनुष्ठान से दुर्गा पूजा का समापन हुआ कल नगर भ्रमण के बाद दुर्गा प्रतिमाओं का विर्सजन किया जायेगा स्लग रामलीला प्रदेशभर में आजकल रामलीला मंचन की धूम है गढ़वाल और कुमाऊ के विभिन्न स्थानों में रामलीला का आयोजन किया जा रहा है

पर्वतीय जिलों में रामलीला का आयोजन एक सांस्कृतिक उत्सव के रुप में किया जाता है

इन जगहों की ऐतिहासिक रामलीलाओं का मंचन देखने के लिए दूरदराज के गांवों से भीड़ जुट रही है वहीं नवरात्रि की समाप्ती के साथ ही मंगलवार को दशहरा उत्सव की तैयारी शुरू हो गई है राजधानी देहरादून में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं यहां परेड ग्राउंड में रावण का पुतला लगाया गया है दशहरे के दिन होने वाली भीड़ को देखते हुए देहरादून पुलिस ने ट्रैफिक प्लान तैयार किया है रूट डायवर्ट भी किये गए हैं स्लग मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने आज मुख्यमंत्री आवास में आईएमएफ और ओएनजीसी के संयुक्त तत्वाधान में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत प्लास्टिक मुक्ति अभियान दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया इस अभियान के तहत देहरादून और मसूरी क्षेत्र को प्लास्टिक से मुक्ति कर साफ सुथरा रखने का काम किया जा रहा है इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्लास्टिक मुक्त भारत के सपने को पूरा करने के लिए हमें निरन्तर प्रयास करने होंगे इसके लिए लोगों में जागरूकता पैदा करने के साथ विभिन्न सामाजिक संगठनों और संस्थाओं का सहयोग लेना भी जरूरी है उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में प्लास्टिक मुक्ति के लिए अच्छा जन सहयोग मिल रहा है

उन्होंने कहा कि कम प्रदूषण फैलाने वाले हरित पटाखों का विकास एक ऐतिहासिक कदम है श्री जावड़ेकर ने कहा कि पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण की समस्या के समाधान के उपाय भी किए गए हैं

इनके इस्तेमाल से अब पराली नही जलानी पड़ेगी पराली के टुकड़े टुकड़े होकर वो उसी खेत में खाद के रूप में इस्तेमाल हो सकेगी स्लग आकाशवाणी कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से आज प्रसारित होने वाले साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक का विषय हैः जल शक्ति अभियान और जल संरक्षण कार्यक्रम एफ एम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर रात साढ़े नौ बजे से प्रसारित किया जायेगा

कार्यक्रम दूरदर्शन की डीटीएच सेवा पर भी उपलब्ध रहेगा

बड़ी संख्या में यात्रियों के आने से बदरीनाथ में तीर्थाटन और पर्यटन कारोबार भी पटरी पर लौट आया है यात्रा मार्ग पर लामबगड़ में बार बार होते भूस्खलन और मौसम का असर यात्रा पर पड़ता रहा लेकिन इन सबके बाद भी रिकॉर्ड संख्या में श्रद्दालु बदरीनाथ में दर्शनों के लिए पहुंचे मीडिया प्रभारी ने बताया कि अभी यात्रा का एक माह से अधिक समय बचा है इसलिए यात्रियों की कुल संख्या में अभी और बढ़ोत्तरी होगी

इसमें उनकी समस्याओं और शिकायतों पर चर्चा हुई

आयोग के उपाध्यक्ष ने हरिद्वार जिले में केन्द्र और राज्य सरकार के द्वारा ओबीसी वर्ग के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी ली उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिये कि ओबीसी क्रीमीलेयर से संबंधित एक कार्यशाला का आयोजन कर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को इसकी परिभाषा और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध करायी जाये जिससे ओबीसी वर्ग को इनके अभाव में परेशानी का सामना न करना पड़े स्लग ट्रामा सेन्टर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश ने ट्रॉमा सेन्टर को विकसित करने के लिए द्वनिया के मॉडल ट्रामा सेंटर आर एडमकाउली शॉक ट्रॉमा सेंटर से करार किया है एम्स निदेशक प्रोफेसर रवि कांत ने बताया कि आर एडमकाउली शॉक ट्रॉमा सेंटर को दुनिया का पहला और सबसे बेहतर ट्रामा सेंटर माना जाता है उन्होंने बताया कि बेहतर ट्रॉमा सुविधाएं विकसित करने के उद्देश्य से संस्थान ने दुनिया के मॉडल ट्रामा सेंटर के साथ एमओयू किया है उन्होंने कहा कि इस करार के बाद अब टेलीमेडिसिन प्रणाली के द्वारा अमेरिका स्थित सेंटर में संचालित कक्षाओं से संस्थान के ट्रॉमा और सर्जरी के विद्यार्थियों का नियमित तौर पर संवाद कायम रहेगा उन्होंने बताया कि दोनों संस्थानों के बीच हुए इस करार में इन्फेक्शन कंट्रोल और एंटीबायोटिक के सही उपयोग के लिए रिसर्च करने की प्रतिबद्धता भी शामिल है एम्स निदेशक प्रो रवि कांत और शॉक ट्रॉमा के निदेशक डा थॉमर स्केलिया ने इस करार पर हस्ताक्षर किए स्लग उन्नति योजना केंद्र सरकार की सबके लिए सस्ते बल्ब उन्नति योजना आम उपभोक्ताओं को कई तरह से लाभ पहुंचा रही है इससे लोगों को कम बिजली और कम खर्च में अधिक रौशनी मिल रही है इस योजना को लेकर लोग बेहद उत्साहित हैं उन्नति योजना लोगों को बिजली कम खर्च करने के लिए जागरुक भी कर रही है पौड़ी में दूरस्थ गांवों से लोग इस योजना के तहत बल्ब लेने डाकघरों तक पहुंच रहे हैं योजना में मिलने वाले सस्ते बल्ब गांरटी अवधि से पहले खराब होने पर वापस हो जाते हैं राज्य सरकार भी इस योजना के तहत सस्ते बल्ब उपलब्ध करवा रही है साथ ही इस योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से भी जोड़ा गया है जिससे ग्रामीणों को रोजगार मिल रहा है स्लग जनता मिलन हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित कलैक्ट्रेट सभागार में प्रत्येक सोमवार को लगने वाला जनता मिलन कार्यक्रम आयोजित किया इसमें अधिकतर समस्याएं आर्थिक सहायता सीमा विवादजल भरावरोड कटिंगजाति प्रमाण पत्र पैमाइश आदि से संबंधित रही

अपर जिलाधिकारी ने शेष समस्याओं को संबंधित अधिकारियों को प्रेषित कर निस्तारण करने के निर्देश दिये

इस बार फिल्म महोत्सव में विभिन्न देशों की करीब दो सौ फिल्में दिखाई जाएंगी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी हैं